राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर आज ग्राम पंचायतों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कोरोना ने सभी के काम करने के तरीकों को बदल दिया है

श्री मोदी ने इस मौके पर ई ग्राम स्वराज पोर्टल तथा स्वामित्व योजना का शुभारंभ भी किया और उनके महत्व के बारे में भी चर्चा की प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले पांच छह साल में ग्रामीण इंफ़ास्टक्चर को मजबूत करने पर ध्यान दिया है

उन्होंने कहा कि यूरिया के कारण बहुत सारे संकट पैदा हो रहे है इसलिए इसके उपयोग को सीमित करना समय की जरूरत है

कोरोना रोगियों के मामले में राजस्थान देष में चौथे स्थान पर है